प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज जनऔषधि दिवस पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री कुछ चुने हुए जनऔषधि स्टोर के मालिकों और लाभार्थियों से बातचीत करेंगे जनऔषधि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सात मार्च को देशभर में जनऔषधि दिवस मनाया जाता है इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची के गांधीनगर स्थित सीसीएल अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहेगे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विधानसभा में घोषणा की है कि तीन महीने के अंदर राज्य सरकार नई कृषि नीति बनाने में कामयाब होगी उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कृषि निर्यात नीति भी बनाएगी किसानों की समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयासरत है उधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन भी कल भाजपा विधायकों के शोर शराबे के कारण सभा की कार्यवाही बाधित रही हालांकि इस दौरान सत्तापक्ष के कई सदस्यों के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर भी सरकार की ओर से सदन में दिया गया वहीं भोजनावकाश के बाद भाजपा सदस्यों के वॉकआउट के बावजूद सदन में कृषि विभाग की अनुदान मांग पर सदस्यों ने अपनी बाते रखीं चर्चा के बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तीस दर्शमलव चार सात अरब रुपये की अनुदान मांग को ध्वनि मत से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के विलय को मंजूरी दे दी है आयोग ने झारखंड विकास मोर्चा को निबंधित राजनीतिक दलों की सूची से हटाने के साथ उसके चुनाव चिन्ह को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है आयोग द्वारा जारी आदेश में झारखंड विकास मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी में विलय की प्रक्रिया को उचित बताया गया है वहीं पार्टी के दो अन्य विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निलंबित किए जाने को भी सही ठहराया गया है इस संबंध में आयोग की ओर से आदेश की सूचना झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी गई है केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है ताकि पूरे देश की आदिवासी महिलाएं खूद को स्वावलंबी बनाने रोजगार पाने और भविष्य को बेहतर बनाने की दृष्टि से अधिक से अधिक की संख्या मेँ इस कार्यक्रम से जुड़ें उन्होंने कहा कि हम पूरे जनजातीय क्षेत्र में महिलाओ के जो सेल्फ हेल्प ग्रप्स है उन्हें कौशल विकास के साथ जोड़ रहे हैं

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को चलाना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने लॉ यूनिवर्सिटी में आधारमूत संरचना की कमी में दायर एक जनहित याचिका के सुनवाई के दौरान सरकार को कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे अदालत ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से इस मामले में शपथ पत्र दायर करने को कहा है अदालत ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा कौशल विकास विभाग के सचिव को प्रतिवादी बनाया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस द्वनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए एकजूट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है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 प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी व्यवस्था की असली कमजोरियों की तरफ गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों से कहा है कि हवाई अड्डों पर यात्रियों की कारगर स्क्रीनिंग के लिए वे एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रबंधकों से समन्वय बनाये रखें राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य मंत्रियों तथा सम्बद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही इस बैठक में अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर अलग वार्ड और प्रयोगशाला की तैयारियों की भी समीक्षा की गयी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से चिकित्सा कर्भियों के लिए कार्यशाला आयोजित करने के लिए भी कहा गया है उधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि कोरोना वायरस का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है

संजीव कमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सामान्य परामर्श को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है

उन्होंने सभी निजी चिकित्सकों को अलर्ट जारी करते हुए निर्देश दिया है कि चीन कोरिया इटली इरान बियतनाम जापान जैसे देशों से आए यात्रियों की सूचना प्राप्त होने पर उनका उपचार करते हुए इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें उन्होने अस्पताल तथा निजी क्लीनिको में हैंडल रोलिंग डेस्कटॉप रिसेप्शन काउंटर इत्यादि को प्रतिदिन अल्कोहल आधारित सेनिटाइजर से साफ करने को कहा है पश्चिम सिंहभूम जिले के नौवामुंडी बॉक्सिंग सेंटर में तेरहवीं झारखंड राज्य बॉक्सिंग चैंपियनशिप का कल आगाज हुआ झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित की जा रही इस तीन दिवसीय वैंपियनशिप में एक सौ इकतीस मुक्केबाज शामिल हो रहे हैं इसमें अठासी पुरुष और तैतालीस महिला मुक्केबाज शामिल हैं कल पहले दिन र्तेतीस मुकाबले आयोजित किए गए वहीं फाइनल मुकाबले आठ मार्च को होंगे राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने झारखंड में विकास और विधि व्यवस्था समेत अन्य मुददों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया प्रदेश कांग्रेस का प्रमंडलीय सदस्यता अभियान आज देवघर में शुरू होगा इस कार्यक्रम में संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के कांग्रेस कमेटी के सदस्य शामिल होंगे सीबीआई की विशेष अदालत में विधायक बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गवाही की प्रक्रिया कल पूरी हो गई सोलह मार्च से इस मामले में बहस शुरू होगी जेपीएससी की छठी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा का साक्षात्कार कल संपन्न हो गया इस साक्षात्कार में नौ सौ सड़सठ उम्मीदवार शामिल हुए झारखंड में बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए छियासी करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है इससे राज्य भर में संतावन बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा